मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में बढ़ा है देश का सम्मान

प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत की विकास गाथा का वाहक बनाने के लिए प्रतिबद्द है श्री नरेन्द्र मोदी कल पाकयोंग में सिक्किम का पहला हवई अड्डा राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कार्यक्रम में बोल रहे थे प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रतिबद्धता दोहराई सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही हमारी सरकार क्षेत्रीय असंतुलन उसको दूर करने और पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत को देश की ग्रोथ स्टोरी का ईजन बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रही है हम इसके लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में रेल तथा हवाई संपर्क बढ़ाने बिजली पहंचाने और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के समी राज्यों में संपर्क बढ़ाने और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के सभी प्रयास कर रही है श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दो हजार चौदह तक देश मे केवल पैसठ हवाई अड्डे थे लेकिन पिछले चार वर्षो में पैंतीस हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है पाकयोग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शुरू होने से देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या एक सौ हो गई है

ये उनकी गति थी बीते चार वर्षों में एक साल में नौ एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार है प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम में यह हवाई अड्डा बनने से न केवल संपर्क बढ़ेगा बल्कि पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है उन्होंने बताया कि क्षेत्र में मिशन ऑर्गनिक वैल्यू डवलपमेंट शुरू किया गया है इस योजना के लिए चार सौ करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रमु ने इस अवसर पर कहा कि इस हवाई अड्डे से सिक्किम के लोगों का सपना साकार हुआ है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राजीव गांधी खेल रत्न अर्जुन और द्रोणाचार्य सहित विभिन्न खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से आज शाम चार बजकर पचपन मिनट से पुरस्कार वितरण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जनता से जुड़े मुद्दों को हल करने में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका है श्री सिंह कल लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की इक्कीसवीं बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले सवा चार वर्षो में सभी क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय बनाया गया है श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान क्षेत्रीय परिषदों की क्ल ग्यारह बैठकें हुई तथा स्थायी समिति की पन्द्रह बैठक आयोजित की गई उन्होंने बताया कि इस दौरान छह सौ अस्सी मामलों पर चर्चा की गई जिनमें से चार सौ अट्ठाईस मामलों को हल कर लिया गया चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दे बुनियादी ढांचा चिकित्सा रिक्षा कृषि और सुरक्षा से संबंधित रहे मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में कुल बाईस मुददों पर चर्चा हई जिनमें से सत्रह मुद्दों का हल निकाल लिया गया तीन मुद्दों पर निर्देश जारी कर दिये गये हैं बाकी दो मुद्दे अगली बैठक में हल किये जायेंगे बैठक में मुख्य रूप से सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वामपंथी उग्रवाद से निपटने की रणनीति पुलिस बल का आघुनिकीकरण हवाई अड्डों से संबंधित मामले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अनाज भंडारण न्यूनतम समर्थन मूल्य पुलिस कैडेट और विद्यालयों से जुड़े मामले रहे पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कश्मीर की समस्या का हल हो रहा है तथा केन्द्र और राज्य के बल आपसी तालमेल के आधार पर काम कर रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दो हजार चौदह में लोकसभा चुनाव के बाद प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर से स्वर्ण युग की शुरूआत हुई है उन्होंने कहा कि विश्व की तीन प्रगतिशील व्यवस्था वाले देशों में भारत का नाम सम्मिलित होना गौरव की बात है श्री योगी कल लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम का वातावरण बनाकर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या जाति तभी मजबूत होगी जब देश मजबूत होगा अगर देश कमजोर होगा तो जाति और व्यक्ति भी कमजोर होंगे श्री योगी ने कहा कि प्रघानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान और गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है उन्होंने कहा कि पहली बार डोकलाम मुद्दे पर चीन को करारा जवाब दिया गया देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है नक्सलवाद माओवाद और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि देश के विकास में सिंधी समाज का महत्वपूर्ण योगदान है श्री नाईक कल लखनऊ में संत बाबा आसुदाराम साहेब के अट्ठानवें निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित एक श्रद्वाजलिं कार्यक्रम में भाग ले रहे थे उन्होंने कहा कि संत बाबा आसुदाराम साहेब ने देश के लिये निस्वार्थमाव से मानव सेवा की तथा लोगों को समाज में व्याप्त क्रीतियों के प्रति जागृत किया बाबा ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य मानवीय गुणों से महान बनता है न कि जन्म और व्यवसाय से उच्चतम न्यायालय ने दाऊदी बोहरा मुसलमानों में अवयस्क लड़कियों की खतना करने की प्रथा को चुनौती देने वाली एक याचिका कल पांच न्यायाधीशों की संक्विन पीठ को सौंप दी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश ए एम खनविलकर तथा न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ की एक पीठ इस प्रथा को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी इस याचिका को दिल्ली के एक अविक्ता ने दायर किया है याचिका में कहा गया है कि अवयस्क लड़कियों का खतना करना गैरकानूनी है याचिका के अनुसार यह संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार समझौते तथा वैश्विक मानवाधिकार घोषणा के खिलाफ है जबकि भारत ने भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये हैं इससे पहले दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष कहा था कि यह प्रथा इस्लाम के कुछ संप्रदायों में लागू होती है जिनमें दाऊदी बोहरा समुदाय भी शामिल है नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार से रविवार तक पराक्रम पर्व मनाया जाएगा भारतीय सेना ने सन दो हजार सोलह में अट्ठाईस सितंबर की रात को यह कार्रवाई की थी नई दिल्ली में इंडिया गेट और देशमर में पैतीस से अधिक स्थानों पर ये समारोह आयोजित किए जाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्रवाई में भारतीय कमांडरों ने कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था और उनके ठिकाने नष्ट कर दिए थे उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा सेवा संघ ने कल प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों के मुख्यालयों से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जिसमें चिकित्सा सेवाओं तथा संवर्ग की कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न मांगे उठायी गई ज्ञापन में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया कि विकित्सा स्वास्थ्य की सेवाए सुवारू रूप से प्रदान करने में राजकीय विकित्सक और चिकित्साकर्मी उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष बहुत अधिक कार्यभार का सम्पादन कर रहे है